आज शाम नई दिलली में मीडिया को सम्बोधित करते हथे श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस समूची पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हये कहा था कि हमें अपने स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के लिए खुलकर सामने आना चाहिए उन्होंने कहा कि उत्पादन श्रम भूमि नकदी और कानून पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा वित्तमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों पर वैश्विक स्तर तक ध्यान केन्द्रित किया जायेगा आर्थिक पैकेज का विवरण देते हये वित्तमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उदयोगों एम एस एम ई सहित व्यापार के लिए तीन लाख करोड़ रूपये के बिना गारंटी ऋण देने की घोषणा की है

इससे किसानों मज़दूरों और औद्योगिक क्षेत्र को फायदा होगा क्योंकि यह विशेषकर लघ् एवं क्टीर उद्योग पर केन्द्रित होगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के मज़बूत अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है इसके बावजूद भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मज़बूत नेतृत्व में अति सक्रिय रहा और भविष्य के लिए सुधारों के साथ बढ़ रहा है

बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिह ने कहा कि इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर शिक्षाविभाग को भेजा गया है उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा केन्द्र में ब्लाकर परीक्षा लेना संभव न हो तो ऑन लाइन परीक्षा का सुझाव भी दिया गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि ये दोनों बापूधाम से है जिनमें एक सात वर्षीय लड़का है

गाड़ी में बैठने से पहले यात्रियों को ताऊ देवीलाल स्टेडियम से रोडवेज की बसों में बैठाकर रेलवे स्टेशन तक लाया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई गई रवाना करने से पहले उन्हें मास्क सैनेटाइज़र और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया घर वापिस जाने की ख्शी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी रेलवे प्लेटफार्म का उपस्थित प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में तालियां बजाकर रेलगाड़ी को रवाना किया ग्रूग्राम रेलवे स्टेशन से आज एक और विशेष रेलगाड़ी मध्बनी के लिए करीब ाई बजे रवाना की गई

ग्रूग्राम से हमारे हमारे संवाददाता बताया कि श्रमिकों ने जाने से पहले हरियाणा सरकार और रेलवे का मुशकिल घड़ी में मदद के लिए आभार जताया

प्रवासी श्रमिको भेजने से पहले उनके डाक्टरी जांच की गई और मास्क और सेनेटाइज़र भी उपलब्ध करवाया गया सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि शारीरिक दूरी को ध्यान रखते हये प्रत्येक बस में सीमित संख्या में बिठाये गये उन्होंने बताया कि जिन श्रमिकों ने पोर्टल पर घर जाने के लिए पंजीकरण करवाया है उन सभी को उनके गृह जिलों में भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश के श्रमिकों को बसों में और बिहार के श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी में भेजा गया है

फतेहाबाद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हनमान सिह ने बताया कि इनहें पहले राधा स्वामी सतसंग भवन में ब्लाया गया जहां डॉक्टरी जांच के बाद हरियाणा रोडवेज की बसों में उन्हें रोहतक भेजा गया

रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बहाद्रगढ़ की एक कोरोना पोजिटिव महिला ने रत ाई बजे पीजीआई रोहतक में एक बच्ची को जन्म दिया मां बोर बच्ची दोनो स्वस्थ है

बाल काटने नाई के सम्पर्क में आये तीन लोगों के भी नमूने लिये गये है पलवल में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान बंद की गई ओपीडी आज से श्रू कर दी गई है सिविल सर्जन डॉ ब्रहम्दीप सिंह ने बताया कि ओपीडी में आने जाने वाले मरीज़ को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और अस्पताल परिसर में मास्क भी पहनना होगा उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के सभी गेट पर सेनेटाइज़र तथा वाशरूम में हाथ धोने के साबुन भी रखवा दिये गये है

यह राशि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हरियाणा कोरोना राहत फंड में दी है